इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कई राज्यों का इतना वार्षिक बजट भी नहीं है जितनी धनराशि का भुगतान प्रदेश के गन्ना किसानों को किया गया है श्री योगी आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिलों में सल्फरलेस शुगर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा पिपराइच व मुंडेरवा की मिलें प्रदेश में पहली ऐसी चीनी मिलें होंगी जहां सल्करलेस चीनी का उत्पादन होगा यह चीनी दुनिया के बड़े बड़े होटलों चिकित्सालयों तथा अन्य संस्थानों में पहंचेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की नई पहचान बनेगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारी कर रही है श्री भूषण ने बताया कि कोविड का टीका लगाने के अभियान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था

उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए बनाये जा रहे भंडार गृहों के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान संबंधी सभी आवश्यक कार्य पूरा करने की समय सीमा पन्द्रह दिसंबर निर्धारित की है कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मेरठ कानपुर वाराणसी झांसी गाजियाबाद और गोरखपुर जिलों में कोविड बेडों की संख्या बढ़ाने को कहा है एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्वितांस की प्रक्रिया को तेज करने और कांटेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग को रैंडम आघार पर किया जाए इस बीच राज्य में कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर आ दशमलव सात चार फीसदी हो गयी है नए कोविड मामलों में भी लगातार कमी देखी जा रही है और पिछले चौबीस घंटों में एक हजार आठ सौ चौबीस नए कोविड मरीज पाए गए हैं राज्य में इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित इक्कीस हजार तीन सौ चौहत्तर सक्रिय मरीज है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढकर चैरानबे दशमलव छह छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में छत्तीस हजार छ सौ पैंतीस मरीज स्वस्थ हुए अब तक तिरानबे लाख पन्द्रह हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में बत्तीस हजार से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हए इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या सत्तानबे लाख पैंतीस हजार से ज्यादा हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में चार सौ दो लोगों की जान गई इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या एक लाख इकतालिस हजार तीन सौ साठ हो गई है इस समय तीन लाख अठहत्तर हजार नौ सौ नौ मरीजों का उपचार चल रहा है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि कल दस लाख बाईस हजार सात सौ बारह कोविड नमूनों की जांच की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे नया भवन आत्मनिर्मर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविघाओं से युक्त होगी नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति क्षेत्रीय कला शिल्प वास्तुकला की विविधता का समृद्द मिलाजुला स्वरूप होगा नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा धान की खरीद करने वाले राज्यों में इसकी खरीद सुचारू रूप से चल रही है इस महीने की छह तारीख तक तीन सौ चौवालिस लाख छियासी हजार मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका था पिछले साल के मुकाबले इस साल बाईस प्रतिशत अधिक धान खरीदा गया है अब तक खरीदे जा चुके धान में से दो सौ दो लाख सतहत्तर हजार मीट्रिक टन धान पंजाब से खरीदा गया था यह देश में कुल खरीद का अट्ठावन दशमलव सात नौ प्रतिशत है